मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा आज मंडी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश प्रभारी तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहेंगे प्रदेश भाजपा महासचिव व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चन्द्रमोहन ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन किया जाएगा जिसे पार्टी नेता संबोधित करेंगे शिमला संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे

प्रचार दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान को तेज़ कर दिया है दोनों प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस नुक्कड़ सभाओं रैलियों व घर घर जाकर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं इसी कड़ी में आज कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र जबकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर घुमारवीं निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगों से संवाद करेंगे शिमला लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसी तरह शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार धनीराम शांडिल चौपाल के चंबी इलाके में और मंडी से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा मंडी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे बैठक श्री नैना देवी और श्री आनंदपुर साहिब के बीच रोपवे के निर्माण को लेकर कल चण्डीगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक में हिमाचल और पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया

ओलावृष्टि हाल ही में प्रदेश के सेब बाहुल क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सीपीएम ने चिंता जताई है

संजय चौहान ने प्रदेश सरकार से ओलावृष्टि से हुई क्षति का तुरंत आंकलन कर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है मुक्केबाजी बैंकाक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में हिमाचल के आशीष चौधरी ने क्वार्टर फाईनल में किर्गिस्तान के बॉक्सर को हराकर सेमीफाईनल में जगह बनाई है इस तरह आशीष चौधरी ने भारत के लिए एक पदक सुरक्षित कर लिया है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला और दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है दूसरे दिन कांग्रेस प्रत्याशी धनी राम शांडिल समेत आठ ने भरे नामांकन पत्र दिव्य हिमाचल लिखता है बड़े नेताओं की मौजूदगी में कर्नल धनीराम शांडिल ने भरा परचा दैनिक भास्कर का शीर्षक है धनीराम शांडिल ने शिमला में भरा कांग्रेस का पहला नामांकन एकजुट दिखी कांग्रेस आपका फैसला के शब्द हैं शिमला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने किया नामांकन दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक कांग्रेस माकपा व छोटे दलों के उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल पंजाब केसरी ने प्रदेश हाईकोर्ट के केंद्र सरकार को दिए गए आदेश को सुर्खी दी है रेणुका जी खजियार व पौंग डैम के रखरखाव को फंड मुहैया करवाएं हिमाचल दस्तक की एक खबर है शीघ्र बनेगा श्री नयनादेवी श्री आनंदपुर साहिब रोपवे चंडीगढ़ में हुई रोपवे कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक